राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा है कि किसी समाज का विकास सही मायनो में तभी होता है जब उस समाज की महिलांए सशक्त और शिक्षित हो उन्होंने कहा कि एक शिक्षित बेटी कम से कम दो परिवारों को शिक्षा और ज्ञान के महत्व से अवगत करवाती है तथा आने वाली पीढ़ी को भी सुशिक्षित बनाती है राष्ट्रपति आज चंडीगढ़ में मेहर चंद महाजन कालेज फॉर वूमैन के स्वर्ण जयंती समारोह को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल बी पी सिंह बदनौर हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी हिमाचल के राज्यपाल श्री देववत आचार्य सहित चंडीगढ़ की सांसद श्रीमति किरण खेर भी मौजूद थी राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय मेहरचंद महाजन के सहयोग से स्थापित यह कालेज बेटियों की शिक्षा के क्षेत्रमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है स्वामी दयानंद के बारे बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो महिला सशक्तिकरण को बहत महत्व देते थे और आगे चलकर आर्य समाज ने बेटियों की शिक्षा के लिए कन्या विदयालयों की स्थापना की राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं ने खेलक्द व्यापार उद्योग सहित हर क्षेत्र में देश का नाम रौशन किया है हवाई यात्रियों की आंतकवादियो से जान बचाने वाली चंडीगढ़ की बेटी नीरजा भनोट का भी जिक्र किया राष्ट्रपति ने कहा कि आईटी क्षेत्र में बेटियों की संख्या काफी बढ़ी है उन्होंने कहा कि अगर माता पिता तथा परिजन बेटियों को खूले में जीने की और वैचारिक और सामाजिक आज़ादी देगे तो उनका आत्म विश्वास बढ़ेगा उन्होंने फलाईंग ऑफिसर अवनी चत्र्वेदी और मणिप्र की एम सी मेरीकॉम का जिक्र भी किया चंडीगढ़ का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये शहर नगर नियोजन हरित भारत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की मिसाल है इस मौके पर राष्ट्रपति ने कालेज के गोल्डन ज्बली ब्लॉक की आधारशिला रखी और एक स्मारिका भी जारी की उन्होंने पायल अरोड़ा नताशा तथा तान्या भाटिया सहित खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाली कालेज की छात्राओं को भी सम्मानित किया

चैम्पियन सेवा क्षेत्रों में स्पर्धाबढ़ने से भारत से विभिन्न सेवाओं का निर्यात भी बढ़ेग इन चैम्पियन क्षेत्रों की कार्य योजनाओं की पहल कदमी को सहयोग करने के लिये पांच हजार करोड़ रूपये का फंड स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है मासिक कार्यक्रम मन की बात में इस रविवार प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में कहा था कि सत्य को जानने के लिये खोज अत्यन्त महत्वपूर्ण है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने देश के तीव्र विकास पर जोर दिया है कोलकाता में एक समारोह में बोलते हये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आम आदमी के सहयोग से न्यू इंडिया की विचार धारा को पूरा करने की लिये अग्रसर है श्रीमती ईरानी ने कहा कि उनका विभाग देश मे किसी भी सकारात्मक गतिविधियों विशेषकर खेल यूवा मामले और पटसन क्षेत्र मे हो रहे काम को बड़ी कवरेज देगा और प्रोत्साहित करने के लिये कभी प्रयास करेगा हरियाणा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े आपराधिक कानूनों को मृत्यू दंड सहित सज़ा में वृदवि करके और अधिक कठोर बनाया गया है

मंत्रिमंडल की बैठक में कांन्स्टेबल और सब इंस्पैक्टर की सीधी भर्ती के मामले में अतिरिक्त योग्यता दस प्रतिशत वेटेज तथा विविध दस प्रतिशत वेटेज को शामिल करने और साक्षात्कार समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस नियमों में संशोधन करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई

एक अन्य फैसले दवारा मंत्रीमंडल ने वाहनों की जांच की प्रक्रिया को और ओर मजब्त करने के लिये चालान अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई

अम्बाला के भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया ने भूपेन्द्र सिंह हडडा की जन क्रांति यात्रा को जन भ्रांति यात्रा बताया है रोहतक में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हडा ने श्रष्टाचार के सभी रिकार्ड तोड़ दिये और कांग्रेस के नेता अब सीबीआई को पकड़ में आ रहे है केन्द्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हडडा के इस आरोप को घटिया और वे ब्नियाद बताया कि लोकसभा में भाजपा ने किसी सांसद को बोलने की इजाज़त नहीं है